उन्होंने अपनी श्रूआती टिप्पणी में एक बार फिर कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है हाल के आम चुनाव को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय हर व्यक्ति के लिए देश के विकास के लिए काम करने का है श्री मोदी ने गरीबी बेरोजगारी सूखा बाढ़ प्रदूषण भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ मिल कर लड़ने का आह्वान किया प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मंच पर सबका लक्ष्य दो हजार बाईस तक नए भारत के निर्माण के एक समान उद्देश्य को हासिल करना है उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें केन्द्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं श्री मोदी ने कहा कि सशक्तीकरण और सुगम जीवन स्तर की सुविधा प्रत्येक भारतीय को मिलनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किर्गिजस्तान की दो दिन की सफल यात्रा के बाद आज सुबह नई दिल्ली लौट आए प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के जड़ से खात्मे के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिलकर प्रयास करने का आहवान किया है शंघाई सहयोग संगठन एस सी ओ की शिखर बैठक के पूर्ण सत्र को किर्गिजस्तान के विश्केक में सम्बोधित करते हुए नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सभी मानवीय शक्तियों को एकजुट होना होगा प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की भी अपील की उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे और धन मुहैया कराने वाले देशों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए प्रधानमंत्री श्री मोदी और किर्गिजस्तान के प्रधानमंत्री जीनवेकोफ ने विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित पन्द्रह दस्तावेजों का आदान प्रदान किया हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शिखर बैठक से अलग विश्व के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं केन्द्र सरकार ने चिकित्सकों और चिकित्साकर्मियों के सुरक्षा के लिए राज्यों से निश्चित कानून बनाने को कहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पश्चिम बंगाल में चिकित्सकों पर हुए हमले को देखते हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस आशय का पत्र भेजा है उन्होंने भारतीय विकित्सा संघ द्वारा दिए गये इस आशय के कानून की प्रति भी मुख्यमंत्रियों को मेजते हुए कहा कि चिकित्सकों पर हमला करने वालों पर कड़ी कारवाई की जाय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात के तहत तीस जून को सवेरे ग्यारह बजे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे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 एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे तथा देशवासी एक बार फिर रेडियो के माध्यम से मिलकर एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सकारात्मकता और उत्साह साझा करेंगे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 देशवासी नमो ऐप खुले मंच और माइ गोव ख्ले मंच के माध्यम से अपने सुझाव साझा कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में राजभवन में राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात करके उन्हें कानून और व्यवस्था की स्थिति पर ज्ञापन सौंपा उन्होंने उनके अनुसार राज्य में गिरती हुई कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए राज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग की प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को इक्यावन प्रतिशत मत मिले हैं जिसे आने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनाव में साठ प्रतिशत पहुँचाने के लक्ष्य के साथ भाजपा तैयारी कर रही हैं और चुनावी अभियान भी अभी से शुरू कर दिया गया है उन्होंने कहा अब न जाति की राजनीती चलेगी न ही टिकट बेचने वालों की और न ही समाज को बाँट करके तुष्टिकरण करने वालों की ही राजनीति चलेगी उन्होंने कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव के राज्यपाल से मिलने पर कहा अखिलेश यादव अपनी समाजवादी पार्टी संभाले कानून व्यवस्था हम संभाल लेंगे और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी श्री मौर्य ने कहा कि राम मंदिर मृद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि आस्था और श्रद्वा का मुद्दा है श्री मौर्या ने कहा जल्द ही राम लला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा श्री केशव मौर्य संत सम्मेलन में शिरकत करने अयोध्या पहुंचे हैं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआई आईटी नए भारत के निर्माण की आधारशिलाएं हैं वे कल नई दिल्ली में समी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय सुचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशकों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मानव संसाधन विकास मंत्री ने संस्थानों के प्रमुखों को अच्छे कार्य के लिए बधाई दी और आशा व्यक्त की कि ये संस्थान शिक्षा क्षेत्र में भारत को विश्व में अग्रणी बनाएंगे